मतदान के लिए अब दो दिन का समय शेष हैं ऐसे में प्रचार अभियान प्रे चरम हैं भाजपा व कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रदेश में रैलियां कर लोगों को अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में रिझाने में जुटे हैं वरिष्ठ भाजपा नेता व केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का आज कुल्लू में एक चुनाव जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम हैं भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र चढ़ियार नेरवा और नाचन निर्वाचन क्षेत्र के जाछ में जनसभाएं कर लोगों से सहयोग मांगेंगे इसी तरह चारों लोकसभा क्षेत्रों से कांग्रेस व भाजपा के प्रत्याशी अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे अनुराग ठाकर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जनता की सेवा व क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता है कल बिलासपुर शहर से हमीरपुर के नादौन तक निकाले गए एक रोड शो के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना कर रहे हैं अनुराग ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र के मतदाओं ने लगातार उन्हें आर्शीवाद दिया है और उनके आर्शीवाद को वे कभी भी कम नहीं होने देंगे ज्ञापन प्रदेश भाजपा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर कोलकात्ता में रोड़ के दौरान हुए हमले की कड़ी निंदा की है भाजपा ने इस संबंध में कल शिमला में राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर उनसे चुनाव आयोग को उचित निर्देश देने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है ताकि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाए जा सकें दुर्घटना चम्बा पठानकोट मार्ग पर मंगला के समीप भारी भूस्खलन से मलबे में दबी रोड कटिंग में लगी एक मशीन और ऑप्रेटर का तीन दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लगा है चंबा से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि इनका तलाशी अभियान जारी है मगर भारी वर्षा के चलते आज इसे रोकना पड़ा है तलाशी अभियान में स्थानी बचाव दल के अलावा एनडीआरएफ की टीम भी जुटी हुई है मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज सुबह से ही रूक रूक कर बारिश हो रही है बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के मध्यम व निचले मैदानी इलाकों में गरज के साथ बारिश और कई स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना जताई है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है स्कॉलरशिप घोटाले पर अमर उजाला की सुर्खी है छात्रवृति घोटाले में हिमाचल से लेकर दिल्ली तक अफसरों से थी सांठगांठ शिक्षा सचिव की जांच रिपोर्ट में खुलासा

पंजाब केसरी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के हवाले से सुर्खी दी है कांग्रेस व उसके सहयोगी दल तिलमिलाहट में अमर उजाला का शीर्षक है सेना प्रमुख को गुंडा पीएम को नीच कह रहे कांग्रेस नेता आपका फैसला कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्ध के हवाले से लिखता है गिरिपार के लोगों से वादा करके भूली भाजपा जबकि दिव्य हिमाचल के शब्द हैं पांवटा सहिब बिलासपुर में प्रधानमंत्री पर जमकर बरसे सिद्ध दैनिक भास्कर की एक खबर है मैक्लोडगंज में पेड़ कटान पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान चार सप्ताह में मांगी स्टेटस रिपोर्ट

दैनिक जागरण की एक खबर है चंबा में पहाड़ी दरकी मलबे में पोकलेन सहित ऑपरेटर दबा मौसम पर अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में आज और कल अंधड़ ओलावृष्टि की चेतावनी